ये बात आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चम्बा में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण योजना का शुभारंभ करने के बाद एक जनसभा में कही

जयराम ठाकुर ने कहा कि उपयुक्त भूमि उपलब्ध होने के बाद चम्बा में गुज्जर भवन का निर्माण किया जाएगा राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राजबली ने मुस्लिमों को वित्तीय सहायता मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर मौजूद रहे गोविंद ठाकुर प्रदेश के जंगलों में सूखे व गिरे हुए पेड़ों के लिए एक नई नीति तैयार की गई है वन मंत्री गोविंद ठाक्र ने शिमला में बताया कि इससे वन विभाग को विभागीय कार्यो के लिए निशुल्क इमारती लकड़ी मिलेगी और सरकार की आय भी बढ़ेगी उन्होंने कहा कि इससे पहले गिरे पेड़ों को गैर किफायती घोषित कर नजर अंदाज किया जाता रहा है जिससे वन निगम को महंगे दामों पर लकड़ी खरीदनी पड़ती थी गोविंद ठाकुर ने बताया कि नीति के तहत गैर किफायती टिम्बर का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी भवनों के निर्माण और अन्य विकासात्मक कार्यो के लिए किया जाएगा

वन मंत्री ने कहा कि जंगलों में अकारण लगने वाली आग को बुझाने में जो लोग स्वयंसेवी के रूप में योगदान देंगे उन्हें विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर गिरे हुए पेड़ों से टीडी के तहत लकड़ी दी जाएगी अनुराग लोकसभा में मुख्य सचेतक और सांसद अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में जापान के सांसदों के एक दल के साथ बैठक की इस दौरान भारत व जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई

उन्होंने कहा कि भारत जापान के मजबूत द्विपक्षीय संबंध देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मददगार साबित होंगे युग हत्याकांड शिमला के बहचर्चित युग अपहरण व हत्या मामले में आज जिला व सत्र न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है

मामले की सुनवाई के दौरान इन तीनों आरोपियों को कड़े सुरक्षा घेरे के बीच अदालत में पेश किया गया अदालत का फैसला आने के बाद युग के पिता विनोद कुमार ने कहा कि वे फैसले से संतुष्ट है और तीनों दोषियों को मौत की सजा मिलनी चाहिए

जायका प्रोजैक्ट प्रदेश में वनों के इको सिस्टम प्रबंधन व आजीविका सुधार प्रोजैक्ट के गर्वनिंग बोर्ड की एक बैठक आज शिमला में वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तरुण कपूर की अध्यक्षता में हई

ये परियोजना प्रदेश के छः जिलों मंडी कुल्लू शिमला बिलासपुर किन्नौर और लाहौल स्पीति में कार्यान्वित की जाएगी संघ प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के सदस्यों ने प्रौफेसर रौशन लाल जिंटा की अध्यक्षता में कुलपति प्रौफेसर सिकंदर कुमार से मुलाकात की इस मौके पर उन्होंने कुलपति को विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल बनाए रखने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया संघ ने उम्मीद जताई की कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय विकास की बुलंदियों को छुएगा

भारी बारिश के चलते सामान्य जन जीवन प्रभावित हुआ है और कई सड़क मार्ग भू स्खलन के कारण बंद हो गए हैं शिमला जिले में ठियोग हाटकोटी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बड़ी चट्टान गिरने से यातायात अवरूद्द हो गया है और शिमला से रोहडू के लिए आने जाने वाले वाहनों को नारकण्डा से चलाया जा रहा है